श्री मोदी आज नई दिल्ली में रामलीला मैदान में आयोजित रैली को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने एन आर सी पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस बारे में देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का उददेश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद भारत आये लोगों को नागरिकता देना है श्री मोदी ने डिटेन्शन कैम्पों की मौजूदगी पर विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार का खंडन करते हुए कहा कि ऐसे कोई शिविर नहीं बनाये गये हैं

श्री योगी ने राज्य में शांति बनाये रखने के लिए बुद्धिजीवियों और धर्म गुरूओं से प्रशासन का सहयोग करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि लोग किसी के बहकावे में न आयें और सरकार तथा कानून व्यवस्था पर भरोसा रखें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में अमन कायम रखने के लिए कृतसंकल्प है और सभी प्रभावी कदम उठा रही है उन्होने कहा कि शान्ति व्यवस्था के नाम पर किसी को अकारण तंग नहीं किया जायेगा लेकिन कानून से खिलवाड़ करने वालो के विरूद्व सख़्त कार्यवाही जरूर की जायेगी

वाराणसी चंदौली और अलीगढ़ सहित कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं अड़तालीस घंटे बाद बहाल हो गई हैं हालांकि कुछ शहरों में इस पर अब भी पाबन्दी है राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समाज के प्रभावशाली लोगों से लगातार संपर्क में हैं ताकि वे समाज में सही संदेश प्रचारित कर सकें इस बोच पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल उपद्रवियों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है राज्य के पुलिस प्रमुख ने कहा कि पूरे राज्य में सुरक्षा के सख़्त प्रबंध किये गए हैं राज्य में आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने क आरोप में अब तक आठ सौ उन्यासी लोगों को हिरासत म लिया गया है कई शहरों में प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में दो सौ अट्ठासी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं नागरिकता संशोधन क़ानून के बारे में कई समुदायों के बीच पैदा हुई भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने आम नागरिकों से इस सिलसिले में किसी की बहकावे में न आने और इस कानून के विभिन्न पहलूओं को समझने का आह्वान किया है

क्योंकि इससे जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है इससे लोगों में बहुत ही व्याप्त है जो नहीं होना चाहिये क्योंकि यह बिल उनके लिये है और देशों में जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के विभिन्न समुदाय या धर्म के लोग जैसे हिन्दू क्रिश्चियन पारसी सिख जेन और बुद्ध प्रताड़ित होकर के भारत में शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे है उनको सिटीजन शिप प्राप्त होना आवश्यक है यह एक फास्टट्रैक प्रक्रिया है सिटीजन शिप की है जिससे उनको यह सिटीजन शिप दी जा सकती है यह किसी को निकालने की प्रक्रिया नहीं है क्योंकि अपने देश में सभी धर्मो के लोग भाईचारे से रह रहे है यह सबका देश है इसलिए यह एक्ट है इस एक्ट की वजह से किसी भी धर्म के किसी लोग को यहा से निकाला नहीं जायेगा निकालने की व्यवस्था नहीं है

उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकता संशोधन क़ानून के नाम पर देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है

अब यह दोनों परीक्षाएं चार और दस जनवरी को आयोजित की जायेगी आयोग की आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया

जस्टिस गुप्ता इस घटना के कारण सहित कई पहलुओं पर अपनी जांच रिपोर्ट अगले तीन महीने में सौपेंगे पन्द्रह दिसम्बर को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में एक छात्र की मौत की ख़बर के बाद आक्रोशित छात्र बाब ए सर सैय्यद को तोड़ते हुए बाहर निकल आये थे पुलिस द्वारा रोके जाने पर छात्रों ने पथराव शूरू कर दिया था जिसके बाद जमकर उपद्रव हुआ

यह महोत्सव पन्द्रह दिसम्बर को शुरू हुआ था इस दौरान सांस्कृतिक साहित्यिक सहित विविध कार्यक्रमों के आयोजन हुये

गौरतलब है कि राज्य में नागरिकता कानून के सिलसिले में हो रहे धरना पदर्शन से यह जिला पूरी तरह अछूता रहा और महोत्सव शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया सांसद जगदम्बिका पाल ने महोत्सव के महत्व और जिले में सौहार्दपूर्ण माहौल का ज़िक्र करते हुए कहा बाइट सिटीजन अमेंटमेंट एक्ट को लेकर के लोग तमाम प्रदेश में देश में कुछ लोग इस तरह का वातावरण तैयार कर रहे है कि तनाव और हिंसा हो उन परिस्थितियों में भी एक मल्टी सक्योलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक बाहुल्य के बावजूद साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बन गया है लगता है कि इसी धरती से जैसे गौतमबुद्ध ने शांति अहिंसा का सन्देश दिया था इस कपिलवस्तु महोत्सव ने पूरे भारत को इस गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देगा

जालौन की माधौगढ़ तहसील के पांच लेखपालों को निलम्बित कर दिया गया है जबकि पीलीभीत में साठ लेखपालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर राज्य के लेखपाल कई हफ़्तों से अपनी आठ सूत्रीय मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार के साथ साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेखपालों की हड़ताल से आम नागरिकों और किसानों को ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

मंत्रालय का लक्ष्य सम्मान के साथ विकास है हमार संवाददाता ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों के एक लाख पच्चीस हजार से ज्यादा युवकों को विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार से संबंधित कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए गए हैं